इसमें उन्नीस उम्मीदवारों को पी एच डी डिग्री प्रदान किया गया

अपने संबोधन में राज्यपाल ने डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने वाले छात्रों से समाज के प्रति उत्तर दायित्व को पूरा करने को कहा उन्होंने देश और समाज के हित में ईमानदारी अखंडता पारदर्शिता जवाबदेही ऑडिट और मध्यावधि में संशोधक पर जोर दिया राज्यपाल ने शिक्षण संकाय के सदस्यों से क्लास रुम के अलावा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं के कौशल विकास का सुझाव दिया उन्होंने नौकरी के लिए पढ़ाई की मानसिकता में बदलाव कर उद्यमिता का सुझाव दिया ताकि द्रसरों को भी रोजगार प्रदान कर सके अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी सहश्रबुद्धे ने बताया कि परिषद समय के अनुसार उच्च तकनिकी शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं को उद्योगो की मांग की अनुरुप शिक्षा प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव की नीति अपना रही है उन्होंने बताया कि शिक्षको के भी कौशल विकास के लिए समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है श्री सहश्रबुद्धे ने बताया कि डिग्री और डिप्लोमा धारक छात्रों को अपडेट रखने के लिए ऑनलाईन पाठ्यक्रम भी चलाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के डाक्रमेंटेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने रिसर्च विभाग के सचिव दानी सालू निदेशक बातेम पार्टिन जर्मनी के एंथ्रोपोलोजिस्ट एवं रिसर्च स्कॉलर डॉ गेरहार्ड हेलर के साथ आज बैठक की उन्होंने मिश्मी जनजाति की सांस्क्रतिक विरासत की ऑडियों विज़ुवल दस्तावेजीकरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया ऑल कामले जिला छात्र संघ द्वारा कामले नदी पर सस्पेंशल ब्रिज की मरम्मत की मांग के जवाब में राजमार्ग विभाग के मुख्य अभियंता ने बताया है कि पोतिन पांगिन सड़क पर चार पुलों के मरम्मत के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहले ही मंजूरी दे दी है जिसमें कामले ब्रिज भी शामिल है उन्होंने कहा कि इसके लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ठेकेदार ने कार्य शुरु कर दिया है नोर्थ ईस्ट फ्रोटियर एजेंसी के पहले न्यीशी सदस्य नाबाम रुंघी का कल शाम निधन हो गया ईटानगर को राजधानी के रुप में चयनित कराने का श्रेय नाबाम रुंधी को जाता है राज्य सरकार ने उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पिछले वर्ष स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था मुख्यमंत्री पेमा खांड् ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि राजधानी ईटानगर के निर्माता के रुप में उन्हें सदैव याद किया जायेगा सियांग जिले के रुमगोंग में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर जिला उपायुक्त राजीव तातुक ने रुमगोंग नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता और सौदर्यीकरण के लिए एक लाख रुपए मंजूर करने की घोषणा की इस कार्यक्रम में पंद्रह विभागों ने हिस्सा लिया और लाभार्थियों को एल ई डी बल्ब और निशुल्क एल पी जी सिलेंडर वितरित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आज उनकी जयंति पर श्रद्धांजलि दी है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली में शक्ति स्थल पर श्रीमती गांधी की समाधि पर प्रष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए देशभर में आज से कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है इस आयोजन से देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को संरक्षित रखने तथा सहिष्णुता सहअस्तित्व और भाइचारे की सदियों पुरानी पंरपरा सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा एक सप्ताह के कार्यक्रमों के तहत आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया इस अवसर पर धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिक सद्भाव और अहिंसा पर बैठक और संगोष्टियों का आयोजन हुआ कौमी एकता सप्ताह के अंतिम दिन को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रुप में मनाया जाएगा राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता फाउंडेशन गृहमंत्रालय के साथ हर वर्ष कौमी एकता सप्ताह का आयोजन करता है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

आज का अधिकतम तापमान अटठाईस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया